इस अवसर पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत केन्द्रीय मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत अर्जुनराम मेघवाल सेवानिवृत्त जनरल वीके सिंह भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये कार्यकम में शामिल हो रहे हैं

नए कृषि कानूनों के समर्थन में कल किसानों ने एक ज्ञापन कृषि मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर को सौंपा ग्रामीण भारत के गैर सरकारी संगठनों के संघ के प्रतिनिधि मंडल की ओर से सौंपे इस ज्ञापन में तीन लाख से अधिक किसानों के हस्ताक्षर है इस अवसर पर श्री तोमर ने कहा कि नए कृषि कानूनों को लेकर देशभर के किसानों में उत्साह है उन्होंने कहा कि ये कृषि सुधार काफी समय से लंबित थे श्री तोमर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के दुढ़ निश्चय के कारण ही आवश्यक सुधारों को जमीनी स्तर पर आकार दिया जा रहा है भारतीय ट्राइबल पार्टी बीटीपी ने राज्य सरकार से समर्थन वापस लेने की घोषणा की है कल ड्रंगरपुर में आयोजित प्रेस वार्ता में बीटीपी के प्रदेश अध्यक्ष डॉ वेलाराम घोगरा ने इस संबंध में जानकारी दी उन्होंने कहा कि पार्टी के फैसले को लेकर राज्यपाल विधानसभा अध्यक्ष और मुख्यमंत्री को पत्र भी भेजा गया है

यह कफ्यूर् एक लाख से अधिक आबादी वाले सभी शहरों में लगेगा

केवल आपातकालीन सेवाएं जारी रहेंगी

बीकानेर जिले में चल रहे हारेगा कोरोना जीतेगा बीकाणा अभियान के तहत जूनागढ़ के सामने हाट बाजार में मास्क बैंक स्थापित किया गया है

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश में निवेशकों को आकर्षित करने के लिए अनुकूल माहौल तैयार करने को कहा है प्रदेश में निवेशकों की सुविधा के लिए किए जा रहे विभिन्न उपायों की कल समीक्षा करते हुए श्री गहलोत ने कहा कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और डीएमआईसी का महत्वपूर्ण नोड होने के कारण भिवाड़ी में औद्योगिक क्षेत्र के विस्तार की अपार संभावनाएं है

आज राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस है इस अवसर पर आज राज्य स्तरीय समारोह ऑनलाइन आयोजित किया जाएगा

प्रदेश में आज अधिकांश स्थानों पर न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी हुई है हालांकि ठंडी हवाएं चलने से तेज सर्दी का असर बरकरार है मौसम विभाग के अनुसार माउंट आबू में पारा कल के मुकाबले बढ़कर एक डिग्री सैल्सियस दर्ज किया गया